इस दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार की चार वर्ष की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार की चार वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका भी उन्हें मेंट की

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रत्येक नागरिक की बुनियादी ज़रूरत है और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में ये मुहिम शुरू की है और जल्द ही पूरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ये सेवा शुरू कर दी जाएगी

लाहौल स्पिति के उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने कौरिक और लपचा गांव में चीन से लगती सीमा पर तैनात सेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने जवानों की दिनचर्या के बारे में जानकारी ली और सेना के अधिकारियों से कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की उपायुक्त ने बताया कि सेना के जवान कठिन परिस्थितियों के बावजूद धैर्य और जोश के साथ ईमानदारी से अपनी डियूटी निभा रहे हैं उन्होंने ग्राम्फू काजा मार्ग की खस्ता हालत सुधारने के लिए बीआरओ के अधिकारियों से भी मुलाकात की सोलन शहर के लोगों को शुद्ध पेयजल के बजाए गाद वाला पानी मिलने से कई बिमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है सोलन से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि पेयजल टैंकों में गाद भरने से लोगों को गंदा पानी मिल रहा है लोगों ने इसके लिए नगर परिषद और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उधर नगर परिषद के अध्यक्ष देवेन्द्र ठाकुर ने बताया कि पानी में नियमित ब्लीचिंग पाउडर डाला जा रहा है और एक माह के भीतर टैंकों पर छत डाल दी जाएगी

दैनिक जागरण के शब्द हैं बिलासपुर के लाल ने कर दिखाया कमाल आइएमए देहरादून से पास आउट कैडेट आतिश सहगल को मिला रजत पदक तेज बारिश तुफान से जनजीवन पर असर शीर्षक से अमर उजाला लिखता है हिमाचल में भूस्खलन से दर्जनों सड़कें बंद घरों में घुसा पानी खंभे टूटने से बिजली गुल

अजीत समाचार और पंजाब केसरी मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है मनाली से रोहतांग के लिए शुरू होगी हैली टैक्सी सेवा हिमाचल दस्तक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के हवाले से लिखता है मोदी को देश की विपक्ष को परिवार की चिंता दैनिक जागरण के शब्द हैं पात्रा की सीख मोबाइल फोन से साधें मतदाता हर मोबाईल फोन उपभोक्ता से आत्मीय संबंध बनायें दैनिक भास्कर की एक खबर है पूर्व सरकार के तीन फैसलों पर उठे सवाल राजस्व विभाग ने शुरू किया रिकॉर्ड खंगालना पूर्व सीएम और सीएस सहित अन्य अधिकारियों पर कार्रवाही की मांग

दिव्य हिमाचल लिखता है सात एक्सईएन चार्जशीट पीडब्ल्यूडी में टेंडरों की बंदरबांट पर प्रदेश सरकार सख्त अस्पताल में बच्चा पैदा होने पर मिलेगी बेबी केयर किट शीर्षक से अमर उजाला ने खबर दी है जुलाई में शुरू होगी योजना कपड़े साबुन तेल और कीम देगी सरकार आपका फैसला की एक खबर है मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में खुला प्रदेश का पहला एस ईडीआईसी प्रशिक्षण केंद्र दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय हेलीटैक्सी की उड़ान में लिखता है हिमाचल में हैलीटैक्सी योजना से पर्यटन को पंख लगेंगे इसके जरिये पर्यटकों को आकर्षित करने की पहल सराहनीय है लेकिन इसकी निरंतरता बनाए रखना जरूरी है